नये साल के जश्न के लिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल हुए गुलजारबड़ी संख्या में पहुंचे देश विदेश के सैलानी नये साल के लिए पुलिस प्रशासन ने किये हैं सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्तमसूरी और नैनीताल के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान बनाया गया है स्लग कैबिनेट बैठक राज्य मंत्रिमंडल ने नगर निगम की नियमावली में संशोधन करते हुए निगम के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी की है इसके साथ ही सीधी भर्ती और प्रोन्नत कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सीएम आवास पर आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए गए र्फसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आवास विभाग के भवन निर्माण नियमावली में संशोधन के साथ साथ एकल आवास और व्यावसायिक भवनों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है इसके अलावा बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री त्रियेन्द्र सिंह रावत ने भरोसा दिलाया है कि स्थानीय निकायों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने वित्त सचिव को निर्देश दिये कि योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की कमी आड़े न आये

हालांकि नववर्ष के साथ ही प्रदेश में मौसम खूशनुमा हो जायेगा

नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं जिससे यहां पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है कौसानी में सैलानियों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां के लगभग सभी होटल लॉज और डाक बंगले फुल हो चुके हैं यहां से हिमालय की लंबी श्रृंखला के दीदार शांत और प्रदूषण रहित वातावरण और खूबसूरत नजारे सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं गौरतलब है कि कौसानी की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है यहां स्थित अनाशक्ति आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी के सम्मान में किया गया था

जिले के धार्मिक स्थलों में भी सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है मां पूर्णागिरि मंदिर एबट माउंट मायावती आश्रम रीठा साहिब बाणासुर के किले सहित विभिन्न पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक बन्दोबस्त किए हैं पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल ने बताया कि आज और कल जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और पर्यटक स्थलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है उन्होंने बताया कि एसएसबी और रेगुलर पुलिस द्वारा सघन तलाशी ली जा रही है

कई सैलानी बर्फबारी की उम्मीद के साथ हिल स्टेशनों पर डटे हुए हैं तो मैदानी क्षेत्रों में भी लोग अपने करीबियों के साथ जश्न मना रहे हैं

नववर्ष पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस की ओर से सुद्रढ़ इंतजाम किये गये हैं अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सरल रखने के लिये मसूरी और नैनीताल में वन वे ट्रैफिक प्लान बनाया गया है

वे आकाशवाणी देहरादून के संस्थापक केंद्र प्रमुख के रूप में भी रहे इस अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन देहरादून के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनको शुभकामनाएं दी स्लग सड़क सुरक्षा उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एज्केशन यानि आई आरटीई के अध्यक्ष रोहित बलूजा के साथ मिलकर रुद्रपुर के मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य के किये गए निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आईआरटीई के अध्यक्ष से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के सुझाव मांगे जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है इसी क्रम में ऑईआरटीई ने यातायात से जुड़े पुलिसकर्मियों के साथ दो दिन की कार्यशाला में उन्हें जरूरी टिप्स दिये